हरियाणा सहित देश भर में शहीदों को श्रद्वाजंलि दी गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर हिसंक विरोध अत्यंत द्खद और द्भाग्यपूर्ण है कई टिवीट कर श्री मोदी ने कहा कि बहस विचार विमर्श और मतभेद लोकतंत्र का आवश्यक हिस्सा है लेकिन सार्वजनिक सम्पति को हानि पहंचाना और सामान्य जीवन में खलल डालना भारतीय परम्परा के खिलाफ है

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम का पारित होना भारत की सदियों पुरानी स्वीकृति सदभावकरूणा और भाईचारे की संस्कृति को दर्शाता है उन्होंने नागरिकों को यह भरोसा दिलाया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत को किसी भी धर्म के नागरिक के अधिकारोंको प्रभावित नहीं करता और किसी भी भारतय को इस अधिनियम के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है श्री मोदी ने कहा कि यह अधिनियम केवल उन लोगों के लिए जिन्हे बाहर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और वो भारत के अलावा कही नहीं जा सकते प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की मांग है कि भारत के विकास और हर भारतीय विशेषकर कमज़ोर वर्गो गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए सभी लोग एकज्ट होकर काम करें उन्होंने कहा कि स्वार्थी समूहों को लोगों को विभाजित करने और अशांति पैदा करेन की अनुमति नहीं दी जा सकती प्रसारभारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने आकाशवाण और दुरदर्शन् से कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें आम लोगों के करीब जाने में आधिक तालमेल का आहवान किया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने आज सुबह आकाशवाणी के हैदराबाद केन्द्र में समीक्षा बैठक में विभिन्न शाखाओं के प्रमुखों से मुलाकात की उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के पास द्र्लभ कार्यक्रम का संग्रह है जिसे डिजीटल बनाने और मांग पर लोगों को उपल्ब्ध कराने की आवश्यक्ता है उन्होंने ये भी कहा कि वे टेलीविज़न के दर्शकों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम तैयार करें श्री वेम्पति ने आकाशवाणी और द्रदर्शन को प्रशासन और कार्यक्रम तैयार करने में बड़े पैमाने पर सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का सुझाव दिया

यह निर्णय ब्धवार हो होने वाली वस्त् एवं सेवाकर परिषद की बैठक से पहले आया है इसमें राजस्व बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा होने की संभावना है

मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद आरोड़ा की अध्यक्षता में आज प्रबंधों का जायज़ा लेने केलिए एक बैठक भी की गई जिसमें मुख्य सचिव ने अधिकारियों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में होने वाले कार्यो बारे दिशानिर्दश दिये सरकार द्वारा मेले के लिए विशेष बसे चलाई जायेंगी ताकि श्रदवालुओं को मेला क्षेत्र तक पहंचने में सुविधा रहे मुख्यसचिव ने बताया कि मेले क्षेत्र को बीस सेक्टरों में विभाजित किया गया है जिसकी सुरक्षा के लिए पांच हजार प्लिस कर्मीतैनात किये गये है

मेले में आने वाले श्रदवालूओं का ग्रंप इंस्योरेंस भी कराया जायेगा और श्रदवालूओं की मदद के लिए हैल्प डेस्क् भी स्थापित किये जायेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के तहसीलदार रविन्द्र नायब तहसीलदार हवा सिंह रजिस्ट्री कलर्क राजबीर और पटवारी सलभा को तत्काल प्रभाव से निलंवित कर दिया है

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री को जमीनों की बहुत सी रजिस्ट्रीया लम्बित मिली उल्लेखनीय है कि म्ख्यमंत्री एक शिकायत मिलने के बाद ख्द मौके का निरीक्षण करने पहंचे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही कतई बर्दाशत नहीं की जायेगी और आज की कार्रवाई से पूरे प्रदेश मे संदेश जायेगा कि लोगों को परेशान नहीं करना है उन्होंने कहा कि नियमान्सार रजिस्ट्री उसी दिन हो जानी चाहिए और शाम तक मलिक को मिल जानी चाहिए उन्होंने कहा कि भ्रषटाचारियों को किसी भी कीमत पर बर्दाशत नहीं किया जायेगा और ऐसे लोगों की अगर सीधे शिकायत करेंगे तो त्रंत कार्रवाई की जायेगी

आज उन शहीदों को श्रदवाजंलि अर्पित की गई जिन्होंने य्दव के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वह भारतीय सैनिकों के साहस और शौर्यको सलाम करते है

रक्षामंत्री राजनाथ सिह ने कहा कि भारत को अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है जिन्होंने हर परिस्थिति में देश की रक्षा की रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद येस्सो नाइक सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया और जल सेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने इस अवसर पर नई दिल्ली में यूदव स्मारक पर श्रदवाजंलि अर्पित की काबिलेगौर है कि आज पहली बार राष्ट्रीय युदव स्मारक पर विजय दिवस मनाया गया

आज विजय दिवस पर हरियाणा के रिवाड़ी में बावल रोड स्थित युद्व स्मारक पर वीर शहीदों को नमन किया गया उधर सिरसा में जिला सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड दवाराश्रदवाजंलि समारोह कराया गया जिसमें उपाय्क्त अशोक क्मार शर्मा ने शहीदी स्मारक पर प्ष्प अर्पित किये पूर्व केन्द्रीय ग्रहराज्य मंत्री आई डी स्वामी को अंतिम संस्कार आंज करनाल में राजकीय सम्मान के साथ किया गया इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्र्प्ता गृहमंत्री अनिल विज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला व पूर्व शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा व सांसद संजय भाटिया समेत सैकड़ो पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे

काबिलेगौर है कि कूद दिन पूर्व ही उनकी पत्नी पदमा स्वामी का निधन हआ था श्री स्वामी कनाल से तीन बार सांसद और अटल सरकार में मंत्री रहे थे आज उनके सम्मान में राजकीय शोक घोषित किया गया है

बल के महानिदेशक स्रजीत सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर समारोह में शामिल हये प्रशिक्षणर्थियों का हौसला बधाया और उम्मीद जताई कि वो भविष्य में अपनी जिम्मेदारियों को सफलता पूर्वक निभायेंगे हरियाणा में ठंड ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है राज्य के कई स्थानों पर गहन ध्ंध छाये रहने के समाचार भी मिले है हमारे यमुनानगर संवाददाता के अनुसार पहाड़ो में बर्फबारी होने के चलते पूरे जिले मे कड़ाके की ठंड है और यहां का न्यूनतम तापमान सात डिग्री दर्ज हुआ है आज इस मौसम मे यम्नानगर मे अबतक का सबसे ठंडा दिन रहा जिला दिन भर कोहरे की चादर मे लिपटा रहा दृश्यता कम होने से वाहने को भी अस्विधा हो रही है जिसका असर बाज़ार पर भी पड़ा उधर सिरसा से हमारे संवाददाता ने बताया कि ठंड के चलते प्रशासन ने स्कूल ख्लने का समय नौ बजे से कर दिया है